हमारा घर हमारा विद्यालय कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक नियमितता बनाए रखने के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना तैयार की है जिसमें आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को घर पर ही अध्यापन कराया जाएगा इसमें विद्यार्थी पढेंगे योग करेंगे लिखेंगे और कहानियॉ सुनेंगे और उन पर नोटस तैयार करेंगे

ऑनलाइन कार्यक्रम मे सहभागी एक लाख से अधिक शिक्षकों और अन्य सहयोगियों को संबोधित करते हुए श्रीमती शमी ने कहा कि बच्चे हर अवसर से कुछ न कुछ सीखते हैं

इससे जिले में संक्रमितों की संख्या पौने तीन हजार के करीब पहुंच गई है

अब तक जिले में साढ़े तीन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

खंडवा में कल कोरोना का एक नया मरीज मिला

जिससे उन्हें बाद परेशानी ना हो

चौदह पुराने फूट ओवरब्रिज हटाये गये तो वहीं सात रोड ओवर ब्रिज का काम पूरा किया गया एक परियोजना रेल पटरी के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से जुड़ी है

इनमें सागर जिले के बीना स्थित सोलर पावर प्लांट भी शामिल है बताया जा रहा है कि इसका कार्य परीक्षण स्तर पर है गौरतलब है कि लॉकडाउन के शुरुआती चरणों में यात्री ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद था

किल कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आगामी एक जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत डोर ट्र डोर सर्वे किया जाएगा जिसमें कोरोना के साथ ही अन्य रोगों से संबंधित परीक्षण भी किया जाएगा हमें प्रदेश के हर नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा